मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत इसका उद्घाटन करेंगे ये आयोजन निर्वाचन आयोग के मिशन कोई मतदाता न छूटे का हिस्सा है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोकतंत्र सेनानियों को सौगात देते हुए उनकी पेंशन और मेडिकल सुविधाओं में बढोतरी की घोषणा की है जयपुर के झोटवाड़ा में एक सौ सडसठ करोड़ की लागत से बनने वाले एक ओवरब्रिज के शिलान्यास समारोह में कल श्रीमती राजे ने यह घोषणा की

उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को लोकल और एक्सप्रेस बसों में निशुल्क यात्रा के पास दिए जाने की घोषणा भी की राज्य सरकार ने कल गुर्जर समुदाय को अति पिछड़ा वर्ग में एक प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नया आदेश जारी किया है कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए इस परिपत्र में शैक्षणिक संस्थाओं और भर्तियों में गूर्जर समाज के लोगों को तुरंत प्रभाव से एक प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं आदेश जारी होने के बाद कल शाम एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार गुर्जरों के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और पिछले चार साल से लगातार संवाद कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सात जुलाई को जयपुर में प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर कल जयपुर में समीक्षा की गई जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री महाजन और पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों और कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए आपसी सहयोग और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये इसी के तहत कल कोटा में क्रषि पशुपालन और जिला प्रभारी मंत्री डॉ प्रभुलाल सैनी ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं में लाभान्वित हुए लोगों को लाने ले जाने के लिए अधिकारी समन्वय से काम करें

प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में एक पत्रिका को दिये साक्षात्कार में कहा कि खेती में काम आने वाले माल की लागत को कम करना और किसानों को उनकी उपज का उचित दाम सुनिश्चित करना ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है भारत वाहिनी पार्टी का पहला प्रदेष प्रतिनिधि सम्मेलन आज जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा सम्मेलन में सांगनेर विधायक घनष्याम तिवाडी भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर उद्बोधन देंगे राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उदयपुर में उदयापोल पर प्रस्तावित फ्लाईओवर तथा एलिवेटेड रोड के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है

छात्रा से दुष्कर्म के अपराध में केन्द्रीय कारावास में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम ने सोमवार को हाईकोर्ट में अपील दायर की

हनुमानगढ़ जिले के नोहर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने दृष्कर्म के एक आरोपी को कल दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई अदालत ने उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी किया है प्रतापगढ़ जिले के दलोट के पास मंदसोर में मासूम बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में आरोपितों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर कल दलोट कस्बा बंद रहा वहीं बांसवाडा में भी इस घटना के विरोध में बांसवाडा शहर में आमजन सड़कों पर उतरा डूंगरपुर की छात्रा रिचा कटारा ने भूवनेश्वर में संपन्न राष्ट्रीय स्तर की स्कूली तिरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीतकर डूंगरपुर का नाम रोशन किया है गौरतलब है कि डूंगरपुर जिले में इससे पहले भी कई राष्ट्रीय स्तर के तिरंदाज हुए है